धार्मिक नगरी अयोध्या में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ पांच लाख इक्यावन हजार दीप प्रज्ज्वलित कर विश्व रिकार्ड बनाया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग दो सौ छब्बीस करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकापर्ण भी किया तीसरे दीपोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र की विरासत को सारी दुनिया के सामने रख कर देश के सांस्कृतिक के गौरव का आभास कराया है

दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई फिजी गणराज्य की संसद की उपाध्यक्ष और सहायक मंत्री वीना कुमार भटनागर ने कहा कि वह राम नगरी में आकर अभीभूत है उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज भारत से फिजी जाकर बस गये थे फिजी में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को भुला नहीं सकें है और आज भी भारतीय संस्कृति और भाषा के संवर्द्वन के प्रति समर्पित हैं बाइट हमारे पूर्वज भारत से फिजी गये हुए थे गिरमिट प्रथा के नीचे और वहां पर उन्होंने अपने खून पसीने से उस सरजमी को सींचा और उसे आज एक रमणीय द्वीप बनाया लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है सभ्यता है वह इतनी मजबूत है शाखाएं जड़ों से कट कर यहां फिजी में लेकिन पत्तियां आज भी हरी है हमारी संस्कृति सभ्यता आज भी बरकरार है हमने अपनी भाषा को आज भी बरकरार रखा वैसे तो मैं धनय हो गई हूं आज अपने राम की भूमि पर कदम रखते ही मन गदगद हो गया सारा वारावरण राममय नजर आ रहा है हृदय राममयी हो गया ऐसा लगता है कि भगवान श्रीराम के साक्षात दर्शन हो रहे है दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत सरयू तट और शहर के अन्य स्थानों पर पांच लाख इक्यावन हजार मिट्टी के दीयों से राम नगरी जगमग हो उठी है

दीपावली पंच महापर्वो की श्रृंखला का दूसरा पर्व छोटी दिवाली आज प्रदेश भर में मनाई जा रही है और कल बड़ी दिवाली के लिये लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रदेशवासियों को दीप पर्व दीपावली की श्रभकामनायें दी हैं राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दीपों का यह पर्व समृद्धि का प्रतीक है उन्होंने कहा कि यह पर्व सद्भाव के माहौल को मजबूत बनाने में मददगार होता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि दोपावली असत्य अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष और विजय का उत्सव है श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में दीपावली क आयोजन की पुरानी और गौरवशाली परम्परा को दीपोत्सव के माध्यम से पूनः प्रतिष्ठित कर सारी दुनिया को अयोध्या की महिमा और गरिमा से परिचित करा रही है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

कल ही देश भर में दीपावली का पर्व भी मनाया जायेगा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसी कार्यक्रम की पिछलो कड़ी में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देशवासियों से दीप पर्व सुरक्षित ढंग से मनाने का आग्रह किया था

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से स प्रसारित किया जायेगा

इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि यह एकीकृत सेवा कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ घरेलू हिंसा को नियंत्रित करने में भी प्रभावी साबित होगी श्री योगी ने राज्य पुलिस की कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में पुलिस की बेहतर व्यवस्था से प्रयागराज में कुंभ और वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का सफल आयोजन संभव हो सका इसके अलावा शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव सम्पन्न होना भी इसका ताजा उदाहरण है उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार आया है और पिछले ढाई वर्षो के दौरान आपराधिक तत्वों के खिलाफ की गई कड़ी कार्रवाई ने आम लोगों विशेषकर महिलाओं व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा की है

चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये सरकार ने अस्सी साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा दे दी है चूनाव आयोग की सिफ़ारिश पर कानून मंत्रालय ने इस फैसले को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ सैन्य अर्द्वसैनिक बल के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के अलावा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही पोस्टल बैलेट के जरिये मतदेने का अधिकार हासिल है आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान में उन नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना ह जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है या शारीरिक रूप से अशक्त हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कन्या सूमंगला योजना का शुभारम्भ करते हुए इस पहल की घोषणा की उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था अगले शैक्षिक सत्र से प्रदेशभर के बेसिक शिक्षा परिषद के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुरू कर दी जायेगी इन प्री प्राइमरी विद्यालयों में तीन साल के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा परिषदीय स्कूलों में अभी तक पांच साल के बच्चों को ही पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता था इसलिए सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर संचालित करने का फैसला किया है ताकि इन केन्द्रों पर आने वाले तीन साल के बच्चों को भी प्रारम्भिक शिक्षा दी जा सके

समाप्त